प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान त्रिप्रा में कई ढांचागत परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे यह मैत्री सेतु फेनी नदी पर बनाया गया है जो त्रिपुरा राज्य और बंगलादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है मैत्री सेत् नाम भारत और बंगलादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय सम्बन्धों और मित्रता का परिचायक है इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और ढांचागत विकास निगम लिमिटेड ने किया है

एक दशमलव नौ किलोमीटर लम्बा यह पुल भारत में सबरूम और बंगलादेश में रामगढ़ को जोड़ता है प्रधानमंत्री सबरूम में एकीकृत जांच चौकी की आधारशिला भी रखेंगे

प्रधानमंत्री राज्य सरकार द्वारा विकसित किए जा रहे राज्य के राजमार्गो और जिला सड़कों का उद्घाटन भी करेंगे

वे अगरतला स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बनाई गई समन्वित कमान और नियंत्रण केन्द्र का उदघाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री ओल्ड मोटर स्टैंड में बहु स्तरीय कार पार्किंग और व्यावसायिक परिसर के विकास की आधारशिला भी रखेंगे

वे लिच्बागान स्पबबीपइंहंद से हवाई अड्डे तक दो लेन से चार लेन तक की मौजूदा सड़क के चौड़ीकरण का शिलान्यास भी करेंगे

उन्होंने स्व सहायता समूहों की प्रशंसा करते हुए कहा कि समूह ऋण का एक एक रूपया बैंकों को वापस चुकाते हैं

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह रस्म अदायगी नहीं है

उधर राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल हाट में राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ भी किया मुख्यमंत्री ने हनर हाट में क्रिएटिव साइंस इनोवेशन में भोपाल की सुश्री सोबी जैन को राष्ट्रीय बाल अवार्ड से भी सम्मानित किया वहीं भोपाल के मानस भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने मातृशक्ति को सम्मानित किया शिवपूरी जिला मुख्यालय पर मिनी मैराथन रेस का आयोजन किया गया आगरमालवा अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैराथन साईकिल रैली के साथ ही और हुनर हाट लगाया गया है बैतूल में जिला कलेक्टर अमन बीर सिंह बैंस पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद और एएसपी श्रद्धा जोशी ने पुलिस ग्राउंड से करीब तीन दर्जन अभया स्क्वायड को हरी झंडी देकर रवाना किया टीकमगढ़ में कल सुबह कलेक्ट्रेट से नजरबाग तक साइकिल रैली निकाली गई जिले की सभी ग्राम पंचायत भवनों में विशेष महिला सभा का आयोजन किया गया सतना में बालिका एवं महिलाओं की पांच किमी लंबी मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया देवास जिला अस्पताल में महिला स्वास्थ्य शिविर का लगाया गया उमरिया सीघी मुरैना इंदौर धार ग्वालियर जबलपुर खंडवा सहित कई जिलों में महिलाओं के असाधारण कार्यो और उनके दृढ़संकल्प और साहस को सम्मानित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किये गए जन आंदोलन पूर्व किकेटर और कौच रणजी ट्राफी मुकेश साहनी ने लोगों से कोरोना गाइड लाइन का पालन करने की अपील की है

सिन्हा तथा सुविख्यात राजनेता और विद्वान डॉक्टर कर्ण सिंह भी उपस्थित रहेंगे

विधेयक में धर्मांतरण और जोर जबरदस्ती या धोखे में रखकर धर्म परिवर्तन के लिए विवाहों की रोकथाम के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस विधेयक के लागू होने से राज्य में जबरन और छल से धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी

प्रधान पैट्रोलियम कीमत पैट्रोलियम मंत्री धमेन्द्र प्रधान ने कहा है कि सरकार द्वारा पैट्रोल और डीजल की कीमतों को बाजार आधारित बनाया गया है और उसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां तेल और डीजल की कीमतों के बारे में उनके अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यों विनियम दर कर प्रणाली घरेलू दूलाई और अन्य लागत के अनुसार निर्णय लेती हैं लोक सभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रधान ने कहा कि देश में पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पाद मूल्य से जुड़े हैं उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों में वहां की सरकार की नीतियों के अनुसार पैट्रोल और अन्य ईंधनों पर लगने वाले करों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है उन्होंने कहा कि सरकार की आवश्यकता और बाजार की स्थिति जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर करों में वृद्धि और कटौती की जाती है अनुराग ठाकुर बैंक केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाक्र ने स्पष्ट किया है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए कोई समान उत्तरदायित्व संहिता नहीं बनाई जा रही है लोक सभा में कल एक लिखित उत्तर में श्री ठाक्र ने यह बात कही उन्होंने कहा कि बैंको के कामकाज को पांच दिनों तक सीमित करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है

रेलमंत्री पीयूष गोयल और सांसद राकेश सिंह ने वर्चुअल माध्यम से इस स्पेशल ट्रेन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया

इसके लिये शिवपुरी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ स्टेशन भवन का सौंदर्यीकरण हुआ है कल केन्द्रीय रेल मंत्री वर्चुअल माध्यम के जरिए इन सुविधाओं का विमोचन किया